दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा जदयू और लोजपा का हुआ गठबंधन

और पूरा प्रदेश एक बार फिर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में

कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किसानों से यूरिया की कमी से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है और किसानों को इसकी पर्याप्त आपूर्ति हो रही है श्री कुमार ने बताया कि राज्य में यूरिया की नौ लाख सत्तर हजार टन की आवश्यकता है जिसमें से सात लाख सत्ताईस हजार आठ सौ सत्रह टन यूरिया की आपूर्ति हो चुकी है जल्द ही एक लाख चार हजार तीन सौ सड़सठ टन यूरिया आने वाला है कृषि मंत्री ने कहा है कि यदि किसी जगह यूरिया की आपूर्ति में अनियमितता मिलती है तो इसकी शिकायत कृषि निदेशालय के नियंत्रण कक्ष के द्रभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक सात एक शून्य तीन पर की जा सकती है

अत्याध्रनिक सुविधाओं से सम्पन्न इस चौकी के निर्माण पर लगभग एक सौ चालीस करोड़ रूपये की लागत आयी है एकीकृत चौकी के बन जाने से भारत और नेपाल के बीच बिराट नगर जोगबनी के रास्ते व्यवसायिक गतिविधियों और लोगों की आवाजाही आसान हो गयी है इस चौकी के माध्यम से एक दिन में लगभग पांच सौ ट्रक आसानी से सीमा पार कर सकेंगे वहीं वाहनों चालकों यात्रियों और सुरक्षा बलों के लिए कई सुविधाओं के इंतजाम किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर बनाये गये मानव श्रंखला के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है श्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक ट्वीट को री ट्वीट करते हुए कहा कि जब पूरा समाज एकजुट होकर आगे बढ़ता है तभी सकारात्मक परिवर्तन आता है श्री मोदी ने कहा कि जन जागरण के इस अभियान के लिए वे राज्य की जनता और सरकार को बधाई देते हैं भाजपा जदयू और लोजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे गठबंधन के तहत भाजपा ने दिल्ली की दो सीटें जदयू और एक सीट लोजपा को दी है संगम बिहार और बुराड़ी सीट जदयू के खाते में जबकि सीलमपुर सीट लोजपा के खाते में गयी है खगड़िया में फर्जी पते पर जीएसटी निबंधन कराकर सात करोड़ रूपये से अधिक के राजस्व चोरी का मामला प्रकाश में आया है वाणिज्य कर विभाग की पूर्णिया और खगड़िया की टीम तथा अन्वेषण ब्यूरो की जांच में पता चला है कि पांच प्रतिष्ठानों ने फर्जी पता देकर जीएसटी का निबंधन कराने के बाद राजस्व की चोरी की है जांच के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों का कोई अस्तित्व नहीं मिला आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर उन पर मामला दर्ज किया जायेगा पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि फरवरी महीने से पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम की शुरूआत की जायेगी इसके तहत थानाध्यक्ष से लेकर पुलिस महानिदेशक तक गांवों में रात बितायेंगे और आम लोगों की समस्या का समाधान करेंगे भागलपुर के कहलगांव में पत्रकारों से बातचीत में श्री पांडेय ने यह जानकारी दी प्रदेश के सभी जिलों में भूकंपरोधी भवन निर्माण के लिए भूकंप सुरक्षा क्लिनिक की स्थापना की जा रही है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यासजी ने बताया कि इन केन्द्रों पर अभियंताओं वास्तुविदों संवेदकों और राजमिस्त्री को भूकंपरोधी निर्माण तकनीक की जानकारियां दी जायेंगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के एडमिट कार्ड में सुधार का एक और मौका दिया है अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की त्रुटियों में आज और कल सुधार करवा सकते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए सीतामढ़ी और शिवहर जिले में आज से सघन टीकाकरण अभियान की शुरूआत हो रही है चौदह मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत एक वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक के बच्चों को टीके लगाये जायेंगे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूरा प्रदेश एक बार फिर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है आज सुबह से पटना सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक बादल छाये रहने और कोहरे से तापमान में और गिरावट होगी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी तथा उत्तर प्रदेश में बने चक्रवाती दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम के रूख में परिवर्तन हुआ है पूर्वानुमान में कहा गया है कि चौबीस जनवरी के बाद मौसम सामान्य होगा और ध्रप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के कार्यान्वयन में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भी जोड़ा गया है योजना का उद्देश्य लिंगानुपात को बराबर करना और लड़कियों को शिक्षित करना है रणजी ट्राफी प्लेट ग्रुप मुकाबले में बिहार ने नगालैंड के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है खराब रोशनी की बाधा के बीच मैच के दूसरे दिन बिहार ने पांच विकेट के नुकसान पर दो सौ चौवालीस रन बना लिये हैं नगालैंड की टीम पहली पारी में एक सौ छियासठ रन पर ऑल आउट हो गयी थी बिहार की टीम को पहली पारी के आधार पर अभी अठहत्तर रनों की बढ़त प्राप्त है और उसके पांच विकेट शेष हैं पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में मुजफ्फरपुर स्थित विशेष अदालत में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और लड्डन मियां की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई इस मामले में सीवान स्थित एचडीएफसी बैंक के तत्कालीन प्रबंधक का बयान भी दर्ज किया गया रोहतास जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में पत्थर माफिया ने जिला वन पदाधिकारी पर हमला बोल दिया हमले में उनका सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है बेतिया कारा में उम्र कैद की सजा काट रहे डुनमुन खां की बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी कटिहार जिले के बारसोई रेल पुलिस ने दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस की एक बोगी से दो सौ सत्रह कछुए बरामद किये हैं ये कछुए तस्करी कर पूर्वोत्तर भारत ले जाये जा रहे थे जमुई जिले के मलयपुर से एसटीएफ ने कुख्यात नक्सली अमृत भुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी इधर औरंगाबाद जिले के मदनपुर से पुलिस ने हत्या और डकैती की योजना बना रहे चार नक्सलियों को गिरफ्तार किया है दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से लगभग ग्यारह लाख रूपये लूटे लिये बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित एक मोबाईल दुकान में पुलिस ने छापेमारी कर एक लाख रूपये मूल्य के नकली मोबाईल और आठ सौ बोतल शराब के साथ मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदीमोह के एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक महिला की हुई मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया और क्लिनिक में आग लगा दी

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत उन्नीस आरोपियों को दोषी ठहराये जाने से जुड़ी खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है ब्रजेश ठाकुर समेत उन्नीस दोषी करार अट्ठाईस जनवरी को कोर्ट में होगी सजा के बिंद्रओं पर सुनवाई दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली की अदालत ने ब्रजेश ठाकुर को पॉक्सो के तहत यौन शोषण का दोषी माना प्रभात खबर की सुर्खी है पटना में जन्मे और पढ़े जे पी नड्डा बने भाजपा के नये शाह दैनिक भास्कर ने लिखा है वित्त मंत्री ने बांटा हलुआ बजट की छपाई शुरू दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया और अब अंत में मुख्य समाचार कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा प्रदेश में है यूरिया का पर्याप्त भंडार

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा जदयू और लोजपा का हुआ गठबंधन

और पूरा प्रदेश एक बार फिर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में